श्री मोदी लॉकडाउन को देखते हए वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए विभिन्न प्रतिभागियों के साथ बातचीत भी करेंगे इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे

इंदौर में भी कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है

उधर खंडवा जिले में कल कोरोना संक्रमित एक मरीज की मृत्य् हो गई

भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष्य लिखी ने कल इंदौर में कहा कि जिला प्रशासन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशानिदेशों का पालन कर रहा है सर्वेक्षण टीम अपनी जान दाँव पर लगाकर कंटेनमेंट एरिया में घर घर जाकर सर्वे का कार्य संपादित कर रही हैं जो सराहनीय है

इस दल के द्वारा कोरोना के उपचार तथा संक्रमण को रोकने हेत् किए जा रहे विभिन्न प्रयासों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है केंद्रीय दल ने शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया है

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसी ही वीडियो कांफ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बधाने से पहले हई थी

उन्होंने कहा कि मौजुदा हालात में देश के सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं इमामों धार्मिक सामाजिक संगठनों एँव भारतीय म्स्लिम समाज ने संय्क्त रूप से पवित्र महीने के दौरान घरों पर ही रहकर इबादत इफ्तार तरावी और अन्य रिवायतों को पूरा करने का ै सला लिया है इधर प्रदेश में भी भोपाल सहित सभी जिलों में शहर काजियों ने लोगों से घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील की है रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रमजान में रायसेन किले की प्राचीर से दागी जाने बाली तोप अब इस साल नहीं चलेगी म्स्लिम त्यौहार कमेटी के सदर मोहम्मद यामीन खान ने लोगों से कहा है कि रमजान में घरों पर ही इफ्तार करें उधर सिवनी में भी इस बार रमजान का महीना सादगी के साथ घरों में ही मनाया जाएगा

कलेक्टर मनीष सिंह की अगुवाई में कल हई बैठक में यह जानकारी दी बैठक में शहर काजी डॉ इशरत अली ने कोरोना महामारी से निपटने में शासन प्रशासन के प्रयासों में सहभागी बनने की अपील की उन्होंने कहा कि समाज के लोग लॉकडाउन का पालन करते हए घरों में ही नमाज अता करें

सागर रेंज के आईजी अनिल शर्मा ने कल शाम पत्रकार वात्रा में यह जानकारी दी गौरतलब है कि इस मामले में म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभिन्न दलों के नेताओं ने कड़े शब्दों में निंदा की थी

इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया

इन पर कलेक्ट्रेट परिसर में सांकेतिक धरना देने का आरोप है